उन्होंने लोअर सुनबसिरी जिले के जीरो के इस युवा की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने और इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अनुरोध किया है श्री रिजिजू से उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे मंत्रालय से मृतक के परिजनों को सभी आवश्यक सहायता देने को कहा है

अपने संदेश में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरु करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धाजंलि दी है अरुणाचल प्रदेश हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग की विशेष सचिव नीतू सेरिंग ग्लो ने बुनकरों स्व सहायता समूहों और गैर सरकारी संगठनों से उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की अवसर पर कल ईटानगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी इधर अरुणाचल प्रदेश स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग की विशेष सचिव तपस्या राघव ने स्थानीय निकायों समुदायों और गैर सरकारी संगठनों से राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने का आह्वान किया है कल नहारलगुन में राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक प्रदेश की और कई जिले राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन में शामिल किये जायेंगे

विधायक बियूराम वागे ने कल पाक्के केसांग में पूलिस आऊट पोस्ट का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गृह मंत्री कुमार वाई के प्रयासों से लंबे समय से स्थानीय लोगों की चली आ रही इस मांग को पूरा किया जा सका है श्री वागे ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत एक सौ पचास लाभार्थियों को एल पी जी सिलिंडर वितरित किया

लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में डॉ सिंह ने कहा कि भारतीय नागरिक ऑनलाइन आवेदन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं देशभर में दो हजार दो सौ सार्वजनिक प्राधिकारी आरटीआई आवेदनों को प्राप्त करने उनपर कार्रवाई करने और उनका ऑनलाइन निपटान करने के लिए प्राधिकृत हैं

केंद्र ने सभी नागरिकों से सार्वजनिक रुप से प्लास्टिक के बने राष्ट्रीय ध्वजों का इस्तेमाल न करने का आग्रह किया है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से भी ध्वज संहिता पर कड़ाई से अमल करने को कहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श में कहा है कि राष्ट्र ध्वज भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है इसलिए इसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए मंत्रालय ने कहा है कि उसे पता चला है कि कुछ महत्वपूर्ण अवसरों पर कागज के बजाय प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाने लगे हैं प्लास्टिक कागज की तरह सड़कर नष्ट नहीं होता इसलिए इसके बने झंडे लंबे समय तक नष्ट नहीं होते मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्लास्टिक के बने झंडों का राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुसार सही तरीके से निस्तारण करना एक व्यावहारिक समस्या है परामर्श में यह भी कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वो और सांस्कृतिक तथा खेल समारोहों के अवसर पर जनता को सार्वजनिक रुप से केवल कागज के बने झंडों का ही उपयोग करना चाहिए और इन्हें आयोजन के संपन्न हो जाने के बाद जमीन में फेंका या डाला नहीं जाना चाहिए इस तरह के झंडों को राष्ट्र ध्वज की गरिमा के अनुरुप निस्तारित किया जाना चाहिए उच्चतम न्यायलय ने कहा है कि जेलों की समस्याओं पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी

न्यायालय ने कहा कि जेल सुधारों के लिए भारत सरकार के दो या तीन अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर विचार करेंगे